आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गो को आरक्षण देने संबंधी बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी स्वामी विवेकानन्द की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा किसानों की मजबूत आर्थिकी से ही देश बढ़ सकता है स्वावलम्बन की दिशा में आगे भाजपा अधिवेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो देश को उपलब्धियों के नए शिखर तक ले जा सकती है

उन्होंने कहा कि ये बड़े आश्चर्य और गर्व की बात है कि जिस पार्टी के कभी संसद में दो सदस्य थे वह आज इतने बड़े पैमाने पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनुपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आहवान भी किया

प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नितिन गडकरी और अरूण जेटली ने भी अपने विचार रखे इस दो दिवसीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया

उल्लेखनीय है कि इस विधेयक से आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा

योजना के तहत प्रदेश के उन सभी परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो केन्द्र सरकार की उज्वला योजना में शामिल नहीं हैं सभी जिलों को चरणबद्व आधार पर गृहिणी सुविधा योजना के तहत लक्ष्य प्रदान किए गए हैं मतदान नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड में पार्षद पद के लिए आज हुए उपचुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार मीरा शर्मा ने विजय हासिल की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महान विद्वान संन्यासी और राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानन्द के उपदेश आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं स्वामी विवेकानन्द का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वामी जी को युवा शक्ति पर अट्ट विश्वास था सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द की सोच अपने समय से बहुत आगे की थी दूसरी ओर इस मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए युवा सेवा व खेल विभाग द्वारा सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए लोकगायन सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने कहा कि यदि युवा संगठन में रहकर विवेकानन्द के बताए मार्ग का अनुसरण करें तो वे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है

उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं इधर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में भी राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर भारतीय शिक्षण मण्डल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर ने युवाओं से स्वामी विवेकानन्द के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया

उधर ऊना जिला युवा सेवा व खेल विभाग ने भी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और युवा क्लबों ने भाग लिया कुल्लू के ढालपुर मैदान में इस मौके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें महिला व पुरूषों की विभिन्न टीमों ने भाग लिया लाहौल स्पीति ज़िले के कोलंग गांव में नेहरू युवा केन्द्र के सौजन्य से इस मौके पर चिकित्सा शिविर व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कार्यक्रम में आयुर्वेदिक औषधालय में तैनात डॉक्टर वीरेन्द्र विशेष तौर पर मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि किसानों की आर्थिकी को मजबूत कर ही देश को स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है वे आज महाराष्ट्र के नवनाथ नगर में बीज स्वावलम्बन के लिए गठबंधन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खेती से किसानों की आर्थिकी मज़बूत नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जांच के बाद अब ये सिद्ध हो चुका है कि प्राकृतिक कृषि से ही किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक कृषि को पूर्ण रूप से अपनाया है और हज़ारों किसान इस खेती को कर रहे हैं

सीबीएसई से जारी परिपत्र के मुताबिक एक परीक्षा बेसिक जबकि दूसरी परीक्षा स्टैंडर्ड आधार पर होगी परीक्षा में गणित का मौजूदा स्तर व पाठयक्रम एक समान रहेगा बोर्ड के अनुसार दो स्तर की परिक्षाओं से विद्यार्थियों का तनाव भी कम होगा इस बीच सीबीएसई ने दस जमा दो के छात्रों को राहत देते हुए कई विषयों की परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया है मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज बादल छाए रहे और दिनभर सर्द हवाओं का दौर जारी रहा हालांकि लाहौल स्पीति में दोपहर बाद एक बार फिर रूक रूक कर हिमपात शुरू हुआ जिससे समूचा ज़िला कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है हमारे केलंग प्रतिनिधि के अनुसार जिले में बीएसएनएल की सेवा पूरी तरह ठप्प है और लोगों को पेयजल सहित यातायात समस्या से भी जूझना पड़ रहा है

भुकम्प चम्बा ज़िले में आज दोपहर भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए गए